इस चरण में प्रदेश की आठ सीटों सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर बिजनौर मेरठ बागपत गाजियाबाद और गौतमवुद्धनगर लोकसभा सीटों के लिये मतदान किया गया इन आठ लोकसभा सीटों पर दस महिला प्रत्याशी सहित छियानवे प्रत्याशियों का चुनावी भाग्य मत पेटियों में बन्द हो गया जिन महत्वपूर्ण प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीनों में बन्द हुआ उनमें गाजियाबाद से केन्द्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह गौतमबुद्वनगर से केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा बागपत से केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह मुजफ्फरनगर से राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख अजित सिंह तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान और बिजनौर से प्रदेश के पूर्व मंत्री नसीमुददीन सिद्दीकी शामिल हैं मतदान के लिये सुबह सात बजे ही दृथों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया सुबह मतदान करने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा रही दोपहर में धूप के कारण मतदान की गति हल्की धीमी रही लेकिन शाम होने के बाद मतदान सम्पन्न होने तक लोग बूथों तक पहंचते रहे छिटपूट घटनाओं को छोड़कर किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नही मिली है कुछ स्थानों पर ईवीएम मशीनों में खराबी की सूचना मिली जिसे निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अतिशीघ्र ठीक करा दिया गया चुनाव आयोग ने मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों और महिला मतदाताओं के लिये विशेष व्यवस्था की थी लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में प्रदेश की तेरह लोकसभा सीटों पर दाखिल नामांकन पत्रों की कल जांच की गई इस चरण के लिये क्ल दो सौ तिरपन उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किये हैं नामांकन के अंतिम दिन एक सौ सोलह उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे चौथे चरण के लिये नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख कल बारह अप्रैल है इस चरण में शाहजहांपुर खीरी हरदोई मिश्रिख उन्लाव फर्रूखाबाद इटावा कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन झांसी और हमीरपुर में उन्तीस अप्रैल को मतदान होगा लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिये अधिसूचना कल जारी कर दी गई है अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस चरण में प्रदेश की चौदह संसदीय सीटों पर कल से नामांकन पत्र दाखिल करने का काम भी शुरू हो गया है इस चरण के लिये नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख अट्ठारह अप्रैल है बीस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और बाईस अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे इस चरण में लखनऊ मोहनलालगंज सीतापुर रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर बाराबंकी फैजाबाद कौशाम्बी धौरहरा बहराइच कैसरगंज और गोण्डा में छह मई को वोट डाले जायेंगे उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रहम देव राम तिवारी ने बताया कि पांचवें चरण के मतदान में क्ल दो करोड़ सँतालीस लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे आज रायबरेली लोकसभा सीट के लिये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नामांकन किया

केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी आज अमेठी लोकसभा सीट के लिये अपना नामांकन दाखिल किया अमेठी लोकसभा सीट पर ही कल कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में मतदान में भाग लेकर देश में लोकतंत्र के आधार को और मजबूत तथा मुखर बनाने की अपील की है आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि पानी और रैम्प जैसी बुनियादी सुविघाए उपलब्ध कराने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अधिक से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है अपने ट्वीट में श्री मोदी ने य्वाओं और खासतौर से पहली बार मतदाता बने य्वाओं से भारी संख्या में वोट देने का अनुरोध किया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट संदेश में मतदाताओं से देश के भविष्य के लिए समझदारी से वोट देने को कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुयी सड़क दुर्घटना में ग्यारह लोगों की मौत होने की खबर है आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर आज हुयी एक सड़क दुर्घटना में आठ लोगों की मौत हो गयी पुलिस सूत्रों ने बताया कि जौनपुर निवासी कुछ लोग कार से आगरा जा रहे थे जब उनकी कार अनियंत्रित होकर एक ट्रक से टकरा गयी उधर झांसी कानपुर राजमार्ग पर आज हुयी एक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मृत्यु हो गयी